ग्यारह सौ सतासी यात्रियों को लेकर आज दोपहर जयपुर से पटना पहुंचेगी श्रमिक ट्रेन

केंद्र सरकार ने मौजूदा लॉकडाउन की अवधि को चार मई से दो और सप्ताह के लिए सत्रह मई तक बढ़ाने का फैसला किया है गृह मंत्रालय ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया है गृह मंत्रालय ने कहा कि यह निर्णय देश में कोरोना संक्रमण की स्थिति की व्यापक समीक्षा के बाद लिया गया है इधर रेल मंत्रालय ने पूर्णबंदी के कारण विभिन्न राज्यों में फंसे कामगारों तीर्थ यात्रियों पर्यटकों विद्यार्थियों और अन्य लोगों के लिए श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियां चलाने का फैसला किया है ये गाडियां दो राज्यों के अनुरोध पर केवल गंतव्य स्थान पर ही रुकेंगी यात्रा के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा इन यात्रियों को भेजने वाली सरकार भोजन और पानी मुहैया कराएगी गंतव्य स्टेशन पर भी यात्रियों की जांच और संगरोध की व्यवस्था की जाएगी इन रेलगाडियों की आवाजाही के लिए राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों के साथ समन्वय बनाने के लिए नोडल अधिकारी नामित किये गये हैं गृह मंत्रालय की प्रवक्ता पुणय् सलिला श्रीवास्तव ने कहा कि संबंधित पक्षों यानी राज्यों तथा रेलवे को कोविड उन्नीस के पूरे प्रोटोकाल और नियमों का पालन करना होगा बाइट गृहमंत्रालय ने आदेश जारी कर उन लोगों की आवाजाही की अनुमति रेल द्वारा भी दी है जो लॉकडाउन की वजह से फसे हुए हैं

इसके लिए संबंधित राज्य सरकारें एवं रेलवे बोर्ड उचित व्यवस्था करेंगे और सभी हेल्थ केयर प्रोटोकोल्स का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे इस बीच गृह मंत्रालय ने विस्तारित अवधि के दौरान विभिन्न कार्यों के लिए नए दिशा निर्देश भी जारी किए हैं ये दिशा निर्देश देश के जिलों को रेड ग्रीन और ऑरेंज जोनों में विभक्त करते हुए उनमें निहित जोखिम पर आधारित हैं इन दिशा निर्देशों में ग्रीन और ऑरेंज जोनों वाले जिलों में कई छूटें दी गई हैं ग्रीन जोन वाले जिले वे होंगे जिनमें अब तक या पिछले इक्कीस दिन में कोरोना का कोई मरीज सामने नहीं आया है रेड जोन वाले जिलों के लिए कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या कोरोना के पुष्ट मामलों के दोगुनी होने की दर और जांच तथा निगरानी की सीमा को ध्यान में रखा जाएगा रेड और ग्रीन जोन से बाहर के जिलों को ऑरेंज जोन माना जाएगा इधर राजस्थान के जयपूर से बिहार के लिए ग्यारह सौ सतासी लोगों को लेकर चौबीस डिब्बों वाली विशेष ट्रेन कल रात दस बजे रवाना हुई इसमें ज्यादातार प्रवासी कामगार और विद्यार्थी हैं इसके आज दोपहर पौने एक बजे पहुंचने की संभावना है ट्रेन का ठहराव दानापुर जंक्शन पर रखा गया है इससे पहले पूरे स्टेशन को सेनेटाइज किया गया बाहर से आने वाले इनयात्रियों की स्टेशन पर स्वास्थ्य जांच होगी फिर इन्हे क्वारंटाइन में भेजा जायेगा अनुमान है कि राज्य के अठाईस लाख से अधिक लोग बिहार से बाहर फंसे हुये हैं इधर राज्य सरकार ने कहा है कि बाहर से आने वाले लोगों के लिए बड़ी संख्या में प्रखंड मुख्यालयों के अलावा पंचायतों में भी क्वारेंटाइन सेन्टर बनाये जा रहे हैं सूचना और जनसम्पर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने कहा कि कामगारों को उनके कौशल के अनुरूप रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा

श्री कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को जिला स्तर पर कोरोना जांच की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा है उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों के बिहार आने की संभावना को देखते हुये प्रखंड और पंचायत स्तरीय क्वारंटाइन केंद्रों पर प्री तैयारी रखी जाय तथा गुणवत्तापूर्ण सुविधायें भी सुनिश्चित की जाय मुख्यमंत्री ने रेलवे स्टेशन से संबंधित जिला मुख्यालय तक और जिला मुख्यालय से संबंधित प्रखंड मुख्यालय तक लोगों को लाने के लिये वाहनों की पर्याप्त व्यवस्था करने को कहा है उन्होंने कहा कि प्रखंड क्वारंटाइन केंद्र पर भोजन आवासन और चिकित्सकीय सुविधा की समुचित व्यवस्था रखी जाय आवश्यकतानुसार पर्याप्त संख्या में स्नानागार और शौचालय की व्यवस्था की जाय साथ ही इन केन्द्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कराया जाय स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता लव अग्रवाल ने बताया कि राज्य और जिला प्रशासन को रेड और ओरेंज जोन वाले जिलों में दिशा निर्देशों के पूरी तरह पालन पर ध्यान देना चाहिए ताकि संक्रमण की श्रंखला टूट सके

राज्य और जिला प्रशासन द्वारा कसंटेटिड एफर्ड यह इंशोर्ड करना है कि जिन भी जिलों में केस आए हैं यानि रेड या ऑरेंज जैसे वहां पर इफेक्टिड ऑक्टीजेंट कंटेन मेजर्स के थ्रू चेन ऑफ ट्रांसमिशन को ब्रेक किया जाए

वह केसेज और उनके कॉन्टेक्टस उनका जोग्रिफिक्ल डिस्पर्जन क्या है उसको एनालाइज किया जाए प्रदेश में कोविड उन्नीस संक्रमित एक और व्यक्ति की पटना के एनएमसीएच में मृत्यु हो गयी मृतक मोतिहारी का रहने वाला था और वह कैंसर से ग्रसित था स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि युवक का मुंबई स्थित टाटा कैंसर रिसर्च इंस्टीच्यूट में इलाज चल रहा था प्रदेश में कोरोना संक्रमण से यह तीसरी मौत है इधर कोविड उन्नीस के इकतालीस नये मामलों की प्रष्टि होने के साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर चार सौ छियासठ हो गयी है नये मामलों में तेरह मध्रबनी ग्यारह बक्सर सात रोहतास छह कैमूर दो कटिहर तथा एक एक मामला नालंदा और भोजपुर जिले से है कटिहार में कोविड उन्नीस का पहला मामला सामने के साथ राज्य के तीस जिले महामारी की चपेट में आ गये हैं इधर अंठानवे मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं देश में कोविड उन्नीस से संक्रमित लोगों की संख्या सैंतीस हजार तीन सौ छत्तीस हो गई है स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार नौ हजार नौ सौ इक्यावन लोग उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं जबकि एक हजार दो सौ अठारह लोगों की इस महामारी से मौत हुई है लॉकडाउन के अवधि बढ़ने के मददेनजर रेलवे ने स्पष्ट किया है कि सत्रह मई तक सभी यात्री सेवाएं रद्द रहेंगी हालांकि इस दौरान केवल स्पेशल ट्रेनों के जरिये दूसरे राज्यों में फंसे छात्रों पर्यटकों श्रद्धालुओं और अन्य लोगों को उनके गृह राज्य पहुंचाया जायेगा इस दौरान पार्सल गाड़ियों का परिचालन भी जारी रहेगा

साथ ही उन्हें कोविड उन्नीस पर सतर्क निगाह रखनी चाहिये और यदि वायरस लौटता है तो पाबंदियां बहाल करने के लिये तैयार रहना चाहिये सोशल डिस्टेंसिंग यानी की शारीरिक दूरी बनाया रखना लाभदायक है वरिष्ठ चिकित्सकों का कहना है कि फिलहाल यही बचाव का प्रमुख साधन है सीताराम भारतीय विज्ञान और अनुसंधान संस्थान के वरिष्ठ परामर्शदाता डॉक्टर अमरचंद बजाज ने साफ सफाई के महत्व पर जोर दिया और बताया कि कोरोना वायरस को कैसे रोका जा सकता है

लोक नायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल दिल्ली के डॉक्टर नरेश गुप्ता ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि ज्यादातर मामलो में कोविड उन्नीस संक्रमण स्वयं तक ही सीमित हैं और बहुत कम रोगियों को अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत पड़ती है

पांच परसेन्ट या उससे कम वाले हैं जो कि दाखिल होना पड़ता है तो फर्क आप नहीं कर पाएंगे सैटल आप हो जाएंगे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

आकाशवाणी से बातचीत में प्रदेश के कई लोगों ने इस मदद के लिए सरकार का आभार जताया है

ये जयपुर से आने वाले कामगारों को शेखपुरा लेकर पहुंचेगी लोगों को इक्कीस दिनों तक विशेष क्वेरंटाइन केन्द्रों में रखा जायेगा केन्द्र सरकार ने एक व्हाट्सऐप संदेश को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया था कि सरकार घर पर डिजिटल तरीके से अध्ययन करने के लिये अंग्रेजी माध्यम के छात्रों को छात्रवृत्ति के रूप में चार हजार रूपये प्रदान कर रही है पत्र सूचना कार्यालय ने एक ट्वीट में इस दावे को फर्जी करार देते हये स्पष्ट किया कि केन्द्र सरकार के तहत ऐसी कोई योजना नहीं है इधर पीआईबी ने सोशल मीडिया के एक अन्य संदेश कि सरकार पीएम मास्क योजना के तहत निःशुल्क मास्क वितरित कर रही है को भी भ्रम फैलाने वाली कार्रवाई बताया है पीआईबी ने कहा कि ऐसी कोई योजना नहीं है और संदेश में साझा किया गया लिंक फर्जी है केन्द्र सरकार इन्केफ्लाइटिस यानी दिमागी बुखार की रोकथाम के लिए बिहार सरकार को पूर्ण सहयोग करेगी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये स्थिति की समीक्षा के दौरान आश्वस्त किया कि वार्षिक तौर पर उभरने वाली इस समस्या से निपटने में संसाधनों की कमी नहीं होने दी जायेगी श्री हर्षवर्धन ने दिमागी ब्रखार से बच्चों की मौत पर चिंता व्यक्त करते हुये कहा कि विभिन्न स्तरों पर समुचित हस्तक्षेप और देखभाल से इसे रोका जा सकता है स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इसके लिए प्रणालीबद्ध ढंग से एहतियाती उपाय जरूरी हैं चक्रवाती दबाव के क्षेत्र के कारण प्रदेश में कई स्थानों पर आज भी तेज आंधी के साथ बारिश के आसार है दरभंगा और आसपास के क्षेत्राकें में सुबह से ही बारिश हो रही है आपदा प्रबंधन विभाग ने लोगों से वज्रपात को लेकर सतर्क रहने की अपील की है पिछले चोबीस घंटों के दौरान राज्य में वज्रपात की घटनाओं में सात लोगों की मृत्यु हुई है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मृतकों के निकटतम आश्रितों को चार चार लाख रूपये की अनुग्रह सहायता राशि देने के आदेश दिये हैं भागलपूर जिले के नवगछिया थाना क्षेत्र अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या इकतीस पर खरीक चौक के पास दो ट्रकों की टक्कर में एक महिला समेत चार लोगों की मौत हो गई है मुंगेर जिले के धरहरा थाने में पदस्थापित दारोगा राम शरण यादव को शराब तस्कर के साथ सांठ गांठ के आरोप में गिरफ्तार किया गया है

ग्यारह सौ सतासी यात्रियों को लेकर आज दोपहर जयपुर से पटना पहुंचेगी श्रमिक ट्रेन